सोमवार को पेश होगा प्रदेश का आम बजट

और देश में एक करोड़ से अधिक लोगों का हुआ कोविड टीकाकारण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

सत्र के पहले दिन राज्यपाल फागू चौहान ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी से सरकार ने प्रभावी तरीके से निपटने का काम किया है और तेज गति से कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है श्री चौहान ने कहा कि राज्य के सभी लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मुफ्त कोविड टीका लगाया जायेगा

श्री चौहान ने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के बीस लाख नये अवसर सृजित किये जायेंगे उन्होंने कहा कि सात निश्चय अभियान के दूसरे चरण में कृषि रोजगार सड़क और कौशल विकास पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जायेगा उन्होंने कहा कि सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यूवाओं के कौशल विकास पर काम कर रही है श्री चौहान ने कहा कि उद्यमिता को स्कूली पाठयक्रम का हिस्सा बनाया जायेगा

उन्होंने कहा कि थाना प्रखंड अनुमंडल और जिला स्तरीय कार्यालयों में महिलाओं को अधिक संख्या में पदस्थापित कर उनकी भागीदारी बढ़ायी जायेगी

निगरानी जांच ब्यूरो ने पिछले वर्ष ट्रैप कांड में पकड़े गये बत्तीस मामलों में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की है उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ धनशोधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गयी है अवैध तरीके से अर्जित की गयी संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक सौ इकसठ प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को भेजे गये हैं इनमें से अठाईस अभियुक्तों की लगभग छियालीस करोड़ रूपये की परिसंपत्तियां जब्त की गयी हैं राज्यपाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए रोडमैप लागू किया गया है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के किनारे तेरह जिलों में जैविक खेती शुरू की गयी है उन्होंने कहा कि किसानों को लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ साथ उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य भी दिलाया जा रहा है चालू सीजन में चार लाख चौदह हजार से अधिक किसानों से तीस लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद सरकार द्वारा की गयी है उप मुख्यमंत्री सह राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज विधान मंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की अर्थव्यवस्था की स्थिति का विवरण दिया गया है श्री प्रसाद ने आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी दी उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उपभोग की क्षमता दो हजार उन्नीस बीस में बढ़कर तीन सौ बत्तीस किलोवाट प्रतिघंटा हो गयी है यह सात साल पहले एक सौ पैंतालीस किलोवाट प्रतिघंटा था

श्री प्रसाद ने बताया कि राज्य में प्रति व्यक्ति आमदनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्य पर पचास हजार सात सौ पैंतीस रूपये है उन्होंने बताया कि दो हजार उन्नीस बीस में सबसे अधिक विकास दर सेवा क्षेत्र में दर्ज की गयी है उप मुख्यमंत्री सोमवार को वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस का आम बजट पेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है और इससे अनुसंधान तथा नवाचार को मजबूती मिली है श्री मोदी विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलाकाता के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे

विधान मंडल के बजट सत्र को लेकर आज जदयू विधान मंडल दल की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई बैठक में सदन के सुचारू संचालन में सदस्यों की भूमिका और विपक्ष की रणनीति से निपटने को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की गयी साथ ही पहली बार चुनाव जीतकर आये विधायकों और पहली बार मंत्री बने सदस्यों को विधानसभा नियमावली की जानकारियां भी दी गयीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमूई में मैट्रिक के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच का आदेश दिया है श्री कुमार ने इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर से बात कर पूरी स्थिति की जानकारी ली गौरतलब है कि आज विधान मंडल सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था झारखंड उच्च न्यायालय ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया न्यायालय ने लालू प्रसाद की इस दलील को मानने से इंकार कर दिया कि उन्होंने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आधी सजा पूरी कर ली है गौरतलब है कि लालू प्रसाद ने इसी आधार पर झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी जिसका सीबीआई ने विरोध किया था राजद अध्यक्ष का अभी दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है देश में अब तक एक करोड़ से अधिक लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक एक करोड़ एक लाख अठासी हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ है बिहार में अब तक पांच लाख छह हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है वहीं टीके की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या बत्तीस हजार पांच सौ उनहत्तर है प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख उनसठ हजार आठ सौ अंठानवे हो गयी है स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो दो प्रतिशत है फिलहाल कोविड के पांच सौ बारह मरीजों का उपचार चल रहा है वहीं इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक एक हजार पांच सौ इकतीस लोगों की मौत हो चुकी है छपरा स्थित राज्य खाद्य निगम एसएफसी के कार्यालय में कार्यरत दो कर्मियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है पुलिस ने बताया कि निगम ने जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों को कोरोना काल में सहायता देने का फैसला किया था यह सहायता राशि देने के एवज में एसएफसी के कर्मचारी मोहम्मद जावेद जफर और निवेश आनंद द्रकानदारों से रिश्वत ले रहे थे

गोपालगंज जिले के विजयीपूर थाना क्षेत्र के मझबलिया बाजार में पिछले दिनों कथित रूप से जहरीली शराब पीने से दो मजदूरों की हयी मौत के मामले में संबंधित थाना प्रभारी समेत दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है हथुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि जांच प्रतिवेदन के आधार पर थानाध्यक्ष मनोज कुमार और चौकीदार अमरेश यादव को निलंबित किया गया है नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र के हुसैना गांव में अपराधियों ने एक पैक्स अध्यक्ष से पांच लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष बैंक से रूपये निकालकर घर लौट रहे थे तभी पहले से घात लगाये अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया

खगड़िया की पॉस्को अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराये गये जैको ठाकूर और वकील मंडल को बीस बीस साल कारावास और दस दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है अदालत ने पीड़िता को बारह लाख रूपये की मुआवजा राशि भी प्रदान करने का आदेश दिया दूसरी तरफ बक्सर जिले की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी अजय कुमार राम को दस वर्ष कठोर कारावास और तीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है बक्सर की ही एक अदालत ने हत्या के लगभग तीन साल प्राने मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास और पच्चीस पच्चीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है डॉक्टर ओम प्रकाश जमुआर ने दूरदर्शन केन्द्र पटना के सहायक निदेशक कार्यक्रम के पद पर आज कार्यभार ग्रहण कर लिया डॉक्टर जमुआर इससे पहले आकाशवाणी पटना के विविध भारती सेवा के प्रमुख के पद पर कार्यरत थे कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर उत्पाद विभाग की टीम ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं कटिहार रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से रेल पुलिस ने साढ़े चार हजार पैकेट विदेशी सिगरेट जब्त की है

सोमवार को पेश होगा प्रदेश का आम बजट

और देश में एक करोड़ से अधिक लोगों का हुआ कोविड टीकाकारण